अटल विकास यात्रा के तहत मुख्यमंत्री आज कांकेर बालोद और राजनांदगांव पहुंचे करोड़ों रूपये के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमिपूजन

पराक्रम पर्व सशस्त्र बलों की शौर्य गाथा प्रदर्शित करने और उनके बलिदान के प्रति श्रद्वांजलि अर्पित करने के लिए देशभर में तीन दिन का पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है मुख्य आयोजन कल शाम दिल्ली में इंडिया गेट पर किया गया जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने किया इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार सोलह में सर्जिकल स्ट्राइक कर भारतीय सेना ने द्निया को दिखा दिया कि भारत अब एक शक्तिशाली देश है और वह अपनी जमीन पर किसी आतंकी कार्रवाई या भेय उत्पन्न करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा करीब दो साल पहले भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी सीमा पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इस मौके पर पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और रीजनल आउटरीच ब्यूरो आरओबी द्वारा राजधानी रायपुर के दर्गा कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों और विद्यार्थियों ने हस्ताक्षर कर भारतीय सेना के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान प्रकट की कार्यक्रम में पीआईबी और आरओबी रायपुर के अपर महानिदेशक सुदर्शन पनतोड़े और दुर्गा कॉलेज के प्राचार्य आरके तिवारी विशेष रूप से मौजूद थे वहीं नारायणपुर जिला मुख्यालय में मैराथन दौड़ और देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए गए कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने विद्यार्थियों को देश सेवा की शपथ दिलाई और सेवानिवृत्त जवानों को सम्मानित किया जशपुर जिले में भी सेना के पराक्रम के लिए मैराथन रैली का आयोजन किया गया अटल विकास यात्रा प्रदेशव्यापी अटल विकास यात्रा के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज कांकेर बालोद और राजनांदगांव जिले का दौरा किया इस दौरान उन्होंने करोड़ों रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिप्रजन किया कांकेर जिले के पखांजूर में आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पंद्रह वर्षों में सड़क बिजली पानी शिक्षा और स्वास्थ्य सहित समाज के सभी वर्गो के लिए अनेक योजनाएं राज्य सरकार द्वारा संचालित की गई हैं उन्होंने पखांजूर में कृषि महाविद्यालय और विद्यत वितरण कम्पनी का संभागीय कार्यालय शुरू करने की घोषणा की उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में आबादी पट्टे के वितरण की समस्या का भी जल्द समाधान हो जाएगा इस संबंध में कलेक्टर को परीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पखांजूर में लगभग एक सौ नौ करोड़ रूपए के निर्माण कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री और सहायता राशि का वितरण भी किया इसके बाद मुख्यमंत्री बालोद जिले के गुरूर और राजनांदगांव जिले के टेडेसरा में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए प्रधानमंत्री शिक्षा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवोन्मेष को शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाने पर जोर दिया है क्योंकि शिक्षा ही चरित्र निर्माण का आधार है उन्होंने कहा कि नवोन्मेष के बिना जीवन थम सा जाता है नई दिल्ली में पुनरुत्थान के लिए शिक्षा पर अकादमिक नेतृत्व विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने सुझाव दिया कि समाज की समस्याओं को हल करने में शिक्षण संस्थाओं को साझीदार बनाया जाना चाहिए श्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद और रवीन्द्र नाथ टैगोर के आदर्शो का उदाहरण देते हुए कहा कि शिक्षा मनुष्य के चहंमुखी विकास का प्रमुख साधन है प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य शिक्षा कुपोषण और स्वच्छता के संबंध में सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं के लाभों के बारे में लोगों को जानकारी देने के काम में विद्यार्थियों को शामिल करने का सुझाव दिया श्री मोदी ने बताया कि सरकार उच्च शिक्षा पर वर्ष दो हजार बाईस तक एक लाख करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करेगी छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को चार श्रेणियों में स्वच्छता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ को इन पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पंचायत मंत्री अजय चन्द्राकर ने राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रदेश की जनता को बधाई दी है अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय वाड्रफनगर बलरामपुर की सातवीं कक्षा की छात्रा कुमारी सीमा को स्वच्छता विषय पर कार्ड लेखन में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है इसी तरह स्वच्छता सर्वेक्षण दो हजार अट्ठारह के परिणाम के आधार पर प्रदेश के दो जिलों सूरजपुर और सरगुजा को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

इस कार्यक्रम का प्रसारण कल सुबह ग्यारह बजे से आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क से किया जाएगा यह प्रसारण प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन से भी यह प्रसारण सुना जा सकेगा इस प्रसारण के तुरन्त बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में ये प्रसारण रात आठ बजे फिर सुने जा सकेंगे रबी फसल पानी प्रदेश के किसानों को आगामी रबी सीजन में फसलों की सिंचाई के लिए बांधों से पानी दिया जाएगा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मानसून की अच्छी बारिश के कारण बांधों में पर्याप्त जल भण्डारण को देखते हए यह घोषणा की है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष अशोक बजाज ने मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत किया उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अटल नगर में नवनिर्मित दीनदयाल सहकार भवन के लोकार्पण समारोह में इसकी घोषणा की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश में अब तक आठ हजार से अधिक मरीजों का इलाज किया गया है योजना के तहत इलाज में रायपुर जिला पहले और बिलासपुर जिला दूसरे स्थान पर है इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिले नारायणपुर और सुरजपुर में भी योजना के तहत मरीजों का इलाज किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के शासकीय अस्पतालों मे ढाई हजार से अधिक और निजी अस्पतालों में लगभग साढ़े पांच हजार क्लेम किए गए हैं बीते सोलह सितम्बर से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पायलट प्रोजेक्ट प्रदेश मे शुरू किया गया है रेरा सोशल मीडिया आवासीय कॉलोनियों में मकान खरीदने वाले आम नागरिकों में रियल इस्टेट कारोबार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ भू सम्पदा नियामक प्राधिकरण रेरा ने अपना फेसबुक पेज और ट्विटर एकाउंट शुरू किया है संस्था का फेसबुक पेज छत्तीसगढ रेरा और ट्विटर एकाउंट सीजी अण्डर स्कोर रेरा के नाम से बनाया गया है प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक ढांड ने बताया कि छत्तीसगढ़ रेरा ने गठन के बाद से ही पारदर्शिता की दृष्टि से वेबपोर्टल शुरू कर दिया था कोई भी नागरिक वेबपोर्टल पर जाकर प्राधिकरण से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं सहित सभी जरूरी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है मेगा ब्लॉक ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर मंडल के टिटलागढ़ रायपुर सेक्शन में दोहरीकरण और अपग्रेडेशन कार्य की वजह से तीस सितंबर से बारह अक्टूबर तक अनेक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा विशाखापट्नम दर्ग पैसेंजर तीस सितंबर से ग्यारह अक्टूबर तक रद्द रहेगी इसके अलावा दुर्ग जगदलपुर एक्सप्रेस दो चार सात नौ और ग्यारह अक्टूबर को तथा जगदलपुर दुर्ग एक्सप्रेस तीन पांच आठ दस और बारह अक्टूबर को रद्द रहेगा वहीं दुर्ग विशाखापट्नम पैंसेजर टिटलागढ़ रायपुर टिटलागढ़ पैसेंजर और रायपुर जूनागढ़ रोड रायपुर ट्रेन एक से बारह अक्टूबर तक रद्द रहेगी इसी तरह कुछ गाड़ियों को विभिन्न स्टेशनों पर नियंत्रित करने के साथ ही कुछ अन्य गाड़ियों का री शेडयूल भी किया जाएगा आईईडी बरामद सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी बरामद किया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की चौहत्तरवीं बटालियन की टीम ने गश्त के दौरान दोरनापाल इलाके से यह आईईडी बरामद किया और इसे मौके पर निष्क्रिय कर दिया जिले की चिटठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में जशपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी संक्षिप्त समाचार आज विश्व हृदय दिवस है इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य कोन्द्रों में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया

शिविर में चार हजार से अधिक मरीजों का पंजीयन किया गया है